उन्होंने कहा कि जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर नामित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक अस्पतालों की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रभावी प्रयास करें मुख्यमंत्री लखनऊ में लोक भवन में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्दीन संक्रमण को हर हाल में रोका जाना चाहिए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित लक्षणहीन व्यक्ति को घर में रहने की अनमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे संक्रमण के प्रसार की आशंका बनी रहती है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में एक लाख से अधिक बेड उपलब्ध हैं उन्होंने संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड नाइन्टीन के लक्षणरहित व्यक्ति को कोविड अस्पताल में रखते हए उसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली से बडे पैमाने पर होने वाले आवागमन को देखते हए संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए उन्होंने मेरठ मंडल के सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में देड की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिए हैं

हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल राज्य में मनरेगा के अंतर्गत सत्तावन लाख से अधिक कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कल सत्तावन लाख बारह हजार नौ सौ पचहत्तर मजदूरों को प्रदेश की लगभग सत्तावन हजार ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया गया र्जो कि पूरे देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत मिले रोजगार का अठठारह फीसदी है राज्य सरकार ने सात दशमलव नौ तीन करोड़ मानव दिवस सुजित किए हैं और जल्दी ही आने वाले दिनों में दस लाख और मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा हाल के दिनों में प्रदेश में दूसरे राज्यों से तीस लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए हैं और बडी संख्या में प्रवासी मजदरों को भी मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त हआ है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से समी औद्योगिक इकाइयों का व्यापक सर्वे करने और रोजगार की संभावनाओं का पता लगाने को कहा है ताकि दूसरे राज्यों से हाल ही में प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को वहां रोजगार प्रदान किया जा सके आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड नाइन्टीन पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में गठिया रोग विमाग की अध्यक्ष डाक्टर उमा कुमार ने बताया कि अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज मौजूद नहीं है भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डाक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में कोविड नाइन्टीन के मामले में अच्छी स्थिति में है क्योंकि इस दिशा में उठाए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायस्त का प्रगाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबते में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे रेशों के मुकाबले में बेहतर हैं इस वायरस को डट का मुकाबला देने में आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा नई दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय पांडेय परिचर्चा में भाग लेंगे यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है श्रोता स्टडियो में हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ शन्य शन्य एक एक पांच सात छः सात पर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पृष्ठ सकते हैं हमारे लैंडलाइन नम्बर शन्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी सवाल पृष्ठ सकते हैं कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और हमारे यूटयूब चैनल न्यूज आन ए आई आर आफिसियल पर भी उपलब्ध रहेगा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आई आर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं केंद्र सरकार ने कुछ मीडिया में प्रकाशित इस खबर का खंडन किया है कि उसने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विमाग का आदेश वार्षिक प्रदर्शन मुत्यांकन रिपोर्ट एपीएआर जमा करने की अंतिम तारीख बढाने को लेकर है न कि कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से